श्री योगी आज लखनऊ में कोरोना वायरस पर नियंत्रण हेतु लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आने पाये

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग यह सुनिश्चित करे कि लॉकडाउन की अवधि में बिजली का फिक्सड चार्ज न लिया जाय उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं करेगी मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा गरीबों को अप्रैल माह का निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराया जा रहा है

राज्यपाल आज प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से वीडियोकान्फेसिंग के माध्यम से वार्ता कर रही थीं

राज्यपाल ने कुलपतियों को निर्देश दिया कि उनके यहाँ जो भी हॉस्टल या गेस्ट हाउस खाली पड़े हों उन्हे जरूरत पड़ने पर कोरोना से सम्बन्धित लोगों के लिए कॉरेन्टाइन सेन्टर बनाने के लिए उपलब्ध कराया जाये राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों को भोजन व्यवस्था सुचारू रूप से उपलब्ध कराने के उददेश्य से प्रदेश म सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन की सभी दुकानों से निःशुल्क अनाज का वितरण शुरू कर दिया है एक करोड़ सढसठ लाख लाभार्थियों को अस्सी हजार राशन की दुकानों से राशन उपलब्ध कराया गया राशन वितरण रात नौ बजे तक जारी रहेगा और विवरण हमारे संवाददाता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों तथा सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करते हुए अस्पतालों में ओपीडी की सेवा शुरु की जाये ताकि आम लोगों को इलाज की सुविधा मिल सके

मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिये कि आश्रय गृहों में भोजन मुहैया कराने के साथ ही नगर निगम की ओर से लगातार सैनिर्टेशन अभियान चलाया जाये

अन्त्योदय बीपीएल कार्ड धारकों के साथ ही मनरेगा कामगारों और पंजीकृत मजदूरों को मुफ्त में राशन दिया गया

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ वहीं बलरामपुर बरेली और हमीरपुर जनपद में सरकारी खाद्यान्न की दुकानों से सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करते हुए खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है प्रदेश में सूचना और जनसंपर्क विभाग तथा गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि राज्य में लोगों को खाद्य पदार्थो की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री तथा अन्य वस्तुओं की ढ्लाई पर कोई रोक नहीं है श्री अवस्थी आज लखनऊ में पत्रकारों को सम्बोधित कर रहे थे

श्री अवस्थी ने बताया कि पॉच सौ उनहत्तर तबलीगी जमात के लोगों को कॉरेनटाइन किया गया है और उनकी चिकित्सकीय जाँच करायी जा रही है उन्होंने बताया कि दो सौ अठ्ठारह विदेशी लोगों को भी चिन्हित किया गया है जो प्रदेश में रह रहे हैं इन्हें भी चिकित्सकीय जाँच के साथ कॉरेनटाइन में रखा गया है इनमें से नियम विरूद्व आचरण के लिए कई के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है

उन्होंने कहा कि कोरोना के बारे में फेक न्यूज पर सरकार जीरों टॉलरेन्स बरत रही है सोसल डिस्टेन्सिंग के तहत खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है

लॉकडाउन का इन्फोर्समेंट स्टेगट्स और यूटीज में संतोषजनक रूप से चल रहा है एसेंशियल सप्लाउइज की स्थिति भी संतोष जनक है जो हमें राज्यन सरकारों और यूटीज से जानकारी प्राप्त हुई है

दिल्ली में तबलीगी जमात मरकज के कार्यक्रम में भाग लेकर राज्य में लौटे लोगों की पहचान कर ली गई है और उन्हें क्वारेनटाइन में रखा जा रहा है जौनपुर के जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया है कि निजामुद्दीन मरकज से लौटे पचास लोगों को चिन्हित कर शिया कालेज में रखा गया है और उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है शामली में तबलीगी जमात के तेरह सदस्यों को जनपद की मस्जिदों में ही क्वारनटाइन कराया गया है इन सभी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है आगरा में तबलीगी जमात में शामिल लोगों की संख्या सौ से अधिक है जिनकी पहचान कर ली गयी है यह शहर की विभिन्न मस्जिदों में आकर रह रहे थे इनमें से कुछ मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के रहने वाले बताये जा रहे हैं अठ्ठाइस जमातियों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष नजर रखी जा रही है हरदोई में सण्डीला स्थित एक मदरसे में पुलिस ने छापा मारकर निजामुद्दीन मरकज से लौटे ग्यारह लोगों को क्वारनटाइन किया है अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस बात का पता लगाया जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर यह लोग किस किस के सम्पर्क में आये ताकि अगली कार्रवाई कर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके प्रदेश में कोरोना ग्रसित रोगियों की संख्या बढ़कर एक सौ सोलह हो गयी है प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में मीडिया को बताया कि इनमें से सत्रह मरीज स्वस्थ होने के बाद अवमुक्त कर दिये गये हैं उन्होंने यह भी बताया कि संक्रमित लोगों में दो मरीजों की मौत हो गयी है सरकारो ऑकड़ों के अनुसार गौतमबुद्धनगर में अड़तालिस मेरठ में उन्नीस आगरा में बारह लखनऊ में नौ गाजियाबाद में आठ बरेली में छः बुलन्दशहर में तीन वाराणसी और पीलीभीत में दो दो बस्ती बागपत जौनपुर शामली मुरादाबाद कानपुरनगर और लखीमपुर खीरी में एक एक कोरोना संक्रमित रोगी हैं उन्होंने लोगों से इस रोग से घबराने की बजाय सावधान रहने की अपील की उन्होंने कहा कि लोग बार बार हैण्डवाश करते रहे और सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखे

उन्होंने कहा कि सरकार ने रोग पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त संख्या में अस्पतालों को चिन्हित किया है और वहां आवश्यक सुविधाये जुटायी गयी हैं मेरठ की अर्जुन अवार्डी और रेसलर तथा दो हजार दस की कॅामनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट लॉकडाउन के दौरान लोगों से अपने घरों में रहने की अपील करते हुए कहा बाइट सबसे यही अपील करती हूँ कि आप सब घर पर रहिये सुरक्षित रहिये और सेफ रहिये अगर एक भी परिवार में एक भी जन को कोरोना वायरस होता है तो पूरे परिवार को हो जाता है

रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि फार्मास्युटिकल यानी भेषज विभाग चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के बाद से ही देश में दवाओं के निर्माण पर लगातार नजर रख रहा है मंत्रालय ने कहा कि पूर्णबंदी की अवधि के दौरान औषधि और चिकित्सा उपकरणों का निर्माण सुनिश्चित करने के हर आवश्यक उपाय किये गये हैं मंत्रालय अन्य विभागों तथा राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की मदद से दवाआ की उपलब्धता आपर्ति तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर भी नजर रख रहा है रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि विभाग में एक केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष बनाया गया है